वे इसमें देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए घोषित किये गए आर्थिक पैकेज के बारे में क्छ और जानकारियां देंगी देश में कोरोना वायरस की वजह से म्सीबतों का सामना कर रहे आम लोगों के लिए वे संवाददाता सम्मेलन में क्छ और राहत की घोषणा कर सकती हैं

हालांकि सुखद खबर यह है कि करीब आधे संक्रमित पूरी तरह स्वस्थ हो च्के हैं

इसके पहले उसकी कोरोनॉ रिपोर्ट निगेटिव पाई गई थी

इंदौर के डॉक्टर्स के सतत प्रयास से जिले के कोरोना संक्रमित लगभग आधे मरीज अब तक स्वस्थ होकर अपने घर जा च्के हैं वहीं देवास में पिछले एक हप्ते से रोजाना ही आने वाली सैंपल रिपोर्ट में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे थे लेकिन जिले के लिए आज राहत भरी खबर है

जिला प्रशासन द्वारा समस्त प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया साथ ही उन्हें फ़ूड पैकेट भी दिए गए तत्पश्चात सभी को उनके गंतव्य स्थान तक भेजने की कार्यवाही की गई

इटारसी में सख्त लॉकडाउन अवधि में भी शहर एवं आसपास के गांवों में कच्ची शराब बेची जा रही है